राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वनयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान तैयार करना होना चाहिए

इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के एक सौ अस्पतालों से रोगियों उनके लक्षणों और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है यह रजिस्टर एक वर्ष तक चलेगा और इसमें जांच प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित तथा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकडे ही शामिल होंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विभिन्न संस्थाओं से इस रजिस्टर के बारे में प्रस्ताव मांगे हैं हथकरघा दिवस मध्यप्रदेश की सुप्रसिद्ध चंदेरी और महेश्वर की सड़ियाँ जल्दी ही लोकसभा और विधानसभाओं में भी उपलब्ध होंगी मप्र राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम के इस प्रस्ताव को सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है

जिले में अब लोग प्लाजमा डोनेट करने के लिए सामने आ रहे है पांच लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की सहमति दी है

जिले में यह चौथी मौत है जिले में बीमारी से उपचार के लिए सात वेन्टीलेटर लगाये गये हैं

इसमें हाथियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जायेगी

जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों पर ध्वज फहराये जायेंगे मुख्य समारोह जिला कलेक्ट्रेट में होगा